मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सचिवों और अन्य अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यत परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए

जयराम ठाकर ने ये भी कहा कि स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की है

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती पोषाहार योजना के प्रभावी कियान्वयन पर भी बल दिया ताकि बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के अलावा परिवहन का भी प्रमुख साधन है इस दौरान मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का आश्वासन दिया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी के इस संकट में कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा इस संकट की घड़ी में लगातार लोगों की सेवा में व्यस्त है वहीं कांग्रेस बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जहां एक ओर बाहरी राज्यों से लोग वापिस लाए वहीं प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में पूरी सहायता की भारद्वाज ने कहा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन मास्क और अन्य जरूरत का सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कथित सेनिटाइज़र मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और सेनिटाइज़र मामला संज्ञान में आते ही जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया गया भारद्वाज ने कहा कि वेंटिलेटर मामले में सरकार ने पूरी पारदर्शिता अपनाई है और इस मामले में भी कांग्रेस के आरोप निराधार है

सरवीण चौधरी ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंबा जिले के भरमौर उपमंडल में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की

गोविंद ठाकुर ने जिले में अग्निकांड के कारण बेघर हुए परिवारों को ईमारती लकड़ी प्रदान करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को सरल बनाने के निर्देश भी दिए सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना महामारी के संकटकाल में भी भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है सैजल ने कांग्रेस नेताओं पर बेब्नियाद बयानबाजी का भी आरोप लगाया

परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च माह में संचालित दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है

दूसरे स्थान पर हमीरपूर जिले के न्यू गुरूकल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर के छात्र क्षितिज शर्मा रहे हैं जबकि ग्लोरी पब्लिक स्कूल बिलासपुर के छात्र वंश गुप्ता इशान पब्लिक स्कूल हर समलोटी के छात्र शग्न राणा व राजकीय हाई स्कूल पंतेहड़ा बिलासपुर की छात्रा अनिशा शर्मा ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है

मास्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में कोरोना महामारी को देखते हए मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है

उन्होंने इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है

उधर कल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने बंजार घाटी में लोगों को पाार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए मास्क व सैनेटाइज़र बांटे राकेश सिंघा माकपा विधायक राकेश सिंघा ने ठियोग निर्वाचन क्षेत्र की मोगड़ा कांगल और कोटीधार पंचायतों के उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर जल्द उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर रसोई गैस सिलेंडर न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिंघा ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं पुठानिया प्रदेश कांग्रेस ने कथित सेनिटाइजर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देने की मांग की है चंबा में आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मामले में पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की संलिप्तता का भी आरोप लगाया

इस बीच प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व रामपुर के विधायक नंद लाल ने देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है उन्होंने कहा कि क्वारंटीन केन्द्रों की खस्ता हालत अस्पतालों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर की कमी व अपर्याप्त मात्रा में पीपीई किट व सैनिटाइज़र प्रदेश सरकार की विफलता दर्शाती है

उपायुक्त आर के परूथी ने बताया कि क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पंचायत प्रधान उप प्रधान पंचायत विकास अधिकारी और पटवारी की सहायता से की जाएगी